अब तक दो लाख इकतालीस हजार से अधिक हुए स्वस्थ

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

तेज पछुआ और बर्फीली हवा चलने से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है गया भागलपुर पूर्णिया मुजफ्फरपुर फारबिसगंज छपरा और कई अन्य शहरों में कोल्ड डे रहा राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा रही है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 सुबह के समय सड़कों पर चहल पहल कम हो गयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे तक राज्य के सभी क्षेत्रों में कोल्ड डे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी होगी

यहां का न्यूनतम तापमान चार दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रहा सुबह से ही पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आने से रेल सड़क यातायात और विमानों की उड़ानें प्रभावित हो रही है घने कोहरे के कारण पटना गया और दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है बड़ी संख्या में विमान देरी से उड़ान भर रहे हैं हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया कि खराब मौसम के कारण दरभंगा से दिल्ली मुम्बई और बेंग्लूरू जाने वाली उड़ाने रद्द कर दी गयी है राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में ठंड के कारण ब्रेन हैमरेज हार्ट अटैक और फ्लू के मरीजों की संख्या में बढोतरी हुई है चिकित्सकों ने ठंड को देखते हुए लोगों से बचाव के विशेष उपाय करने को कहा है विशेष कर बुजुर्गों और बच्चों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने विभिन्न जिलों में अलाव की व्यवस्था करने को कहा है जिसके बाद बस स्टैंड रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गयी है प्रदूषण के मामले में देश के शीर्ष दस शहरों में पटना शामिल है पटना में हवा की मानक गुणवत्ता तीन सौ साठ दर्ज की गयी है जबकि शीर्ष पर कानपुर रहा है जहां का एक्यूआई लेवल चार सौ छब्बीस है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पटना में सबसे खराब स्थिति तारा मंडल इलाके की रही है वहीं राजधानी के अन्य इलाकों गांधी मैदान पटनासिटी और दानापुर डीआरएम ऑफिस के आस पास प्रदूषण की स्थिति सबसे खराब रही है इन सभी जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर तीन सौ इक्कीस पाया गया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव पांच एक प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार सौ तैंतालीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख इकतालीस हजार तीन सौ अंठावन हो गयी है प्रदेश में अभी सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार आठ सौ चौदह है इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड उन्नीस के दो सौ सत्तासी नये मामलों की पुष्टि हुई सबसे अधिक पटना से एक सौ तेरह मामले सामने आये हैं वहीं जहानाबाद से अठारह खगड़िया से चौदह और अरवल नालंदा तथा सारण से दस दस पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं एक दिन में छह मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ अंठावन हो गया है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कोरोनो वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए लोगों से सभी एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए

हमें समझना भी होगा कि एक बार में इतने वैक्सीनेशन नहीं बन सकते इस लिए वैक्सीनेशन आ भी जाये तो उसके लिए जो गर्वमेंट प्रॉयटी दे उसको ध्यान से सुनें और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड टीकाकरण के प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता समूह वाले लोगों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाये जाएंगे टीकों के उपलब्ध होने पर पचास साल से अधिक उम्र के लोगों को पहले दौर में टीके लगाये जा सकते हैं टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्वास्थ मंत्रालय ने बार बार प्रछे जाने वाले प्रश्नोत्तर तैयार किये हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि टीके लगाने के लिए पात्र लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए उस स्वास्थ्य केन्द्र और तारीख की जानकारी दी जाएगी जहां उन्हें टीका लगाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड उन्नीस टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है पंजीकरण के बाद ही उन्हें टीकाकरण के समय और स्थान की जानकारी भेजी जाएगी देश में दो करोड साठ लाख नवजात शिशुओं और दो करोड़ नब्बे लाख गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जरूरत को पूरा करने के लिए टीकारण प्रणाली पहले से उपलब्ध हैं पटना हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने समस्तीपुर परिवार न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हरिनिवास गुप्ता अररिया के तत्कालीन अपर जिला और सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र नाथ सिंह तथा अररिया के ही तत्कालीन अवर न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोमल राम को सेवा से बर्खास्त कर दिया है ये सभी सात साल पहले नेपाल के एक होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गये थे वर्ष दो हजार चौदह से ही इन तीनों की बर्खास्तगी प्रभावी मानी जायेगी और सेवानिवृत्ति का कोई लाभ नहीं मिलेगा राज्य सरकार ने सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षकों को शीर्ष बीस अपराधियों की लिस्ट जारी कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा है राज्य में अपराध नियंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने नयी रणनीति के तहत यह कार्रवाई की है इसके अंतर्गत प्रदेश के छोटे जिलों में शीर्ष दस और बड़े जिलों में बीस का फार्मूला लागू किया गया है सभी जिलों में वरीय आरक्षी अधीक्षक आरक्षी अधीक्षक और रेल आरक्षी अधीक्षक ने इन अपराधियों की गिरफ्तार के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है इधर कड़ी में पटना जिले में बीस सबसे टॉप अपराधियों में शामिल पिंकू जायसवाल को एसटीएफ ने दानापुर से गिरफ्तार किया है केन्द्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए नये नियमों की घोषणा की है इसके तहत उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय सीमा पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री राज कुमार सिंह ने बिजली नियम दो हजार बीस की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार नए नियमों के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाया गया इन नियमों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में समयसीमा निर्धारित की गई है जिसका उल्लंघन होने पर सेवा प्रदाताओं को दंडित किया जायेगा अब उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर नया बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे और यदि कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया तो सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगेगा प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में पन्द्रह जनवरी तक चौरानवें हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया प्री होगी पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है साथ ही विभाग ने सभी नियोजन इकाइयों को तय सीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि यदि किसी नियोजन इकाई की ओर से शिक्षक नियुक्ति संबंधी कार्रवाई को पूरा करने में लापरवाही बरती गयी तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी श्रम संसाधन विभााग ने दरभंगा में सात दशमलव पांच एकड़ भूखंड में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूखंड का चयन किया है केन्द्र सरकार ने तीन साल पहले बिहार में कौशल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी सिपाही बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा में पटना से तीन फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में एक टैंकर की चपेट में आने से तीन लोगों को मौत हो गयी पटना के कारोबारी योगेन्द्र कुमार की हत्या के मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है राज्य अंतर जोनल टी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज मगध और चंपारण जोन के बीच भागलपुर में खेला जायेगा बिहार क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में मगध ने अंगिका जोन को और चंपारण जोन ने सीमांचल को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया है पर्यटन विभाग नालंदा राजगीर पावापुरी गया और बोधगया के लिए पर्यटक ट्र पैकेज शुरू करेगा बिहार राज्य पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभाकर ने बताया कि इसके लिए प्रति व्यक्ति छह सौ रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है ट्र के लिए ब्रकिंग पच्चीस दिसम्बर से शुरू होगी और सैलानियों का पहला जत्था दो जनवरी को पटना से रवाना होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कड़ाके की ठंड की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है राज्य भर में पारा औसत से नीचे गिरा पूरे बिहार में तेईस तक कोल्ड डे का अलर्ट कोरोना वायरस के नये प्रकार संक्रमण फैलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए अखबार लिखता है ब्रिटेन में नये वायरस के बाद दुनिया ने बंद किये दरवाजे भारत में ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ाने इकतीस तक बंद दैनिक जागरण ने इस खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है वायरस के नये रूप से हड़कंप दैनिक भास्कर की सुर्खी है राज्य में उन्नीस लाख रोजगार देने के लिए शुरू हुई तैयारी जल्द बनेगा नया विभाग प्रभात खबर का शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गो के लिए उपलब्ध दैनिक आज की सुर्खी है राज्य में स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए शिक्षा विभाग का गाइडलाईन तैयार और अब अंत में मुख्य समाचार पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

अब तक दो लाख इकतालीस हजार से अधिक हुए स्वस्थ